प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना निर्णय बदलना नहीं चाहते

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और सभोएं कर रहे हैं

इस चरण में कल एक सौ अड़तीस उम्मीद्वार मैदान में हैं इनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और विवेक शेजवलकर शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भिंड संसदीय क्षेत्र के अटेर लहार और सेवढा में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उज्जैन जिले के महिदपुर और बड़नगर में चुनावी सभायें कर रहे हैं भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल लोकसभा सीट से अनुभवी और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर काम करने वाले कांग्रेस उम्मीद्वार दिग्विजय सिंह के खिलाफ मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकर को चुनाव मैदान में उतारकर उचित कदम नहीं उठाया उन्होंने कहा कि प्रज्ञा सिंह अभी भी जमानत पर चल रही हैं और उन पर हत्या के अन्य मामलों में भी लिप्त होने का संदेह है श्री भुजबल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में अब विकास की बातें नहीं करते क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है

इस दौरान वे भिंड में दोपहर दो बजे मुरैना में चार बजे और ग्वालियर में छह बजे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन सभाओं में मौजूद रहेंगे

भाजपा के लोकसभा क्षेत्र संयोजक देवेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है अस्थमा दिवस आज विश्व अस्थमा दिवस है इसका उद्देश्य दमा रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे विश्व में अस्थमा से पीड़ित लोगों के जीवन में बेहतरी लाना है यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है

प्रदेशभर में आज कई जागरुकता और परीक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं चित्र प्रदर्शनी रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय भोपाल ने आज मतदाता जागरुकता पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजने किया प्रदर्शनी में उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर अब तक के चुनाव से जुड़ी दुर्लम और दिलचस्प चित्रों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी का उदघाटन मध्यप्रदेश माध्यम के संपादक पुष्पेन्द्र पाल सिंह ने किया इस अवसर पर दूरदर्शन समाचार भोपाल की उपनिदेशक प्रजा पी वर्धन आउटरीच ब्यूरो के प्रमुख मध्य आर शेखर और पीआईबी के उपनिदेशक अखिल नामदेव ने मतदाता जागरुकता पर अपने विचार रखे

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि भगवान परशुराम पराकम और सत्य के धारक थे उनके जीवन से हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सम्मान के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा मिलती है राज्यपाल ने अक्षय तृतीया की शुभकामनाएँ देते हए नागरिकों का आहवान किया कि इस पर्व पर कमजोर वर्ग की मदद के लिये आगे आएँ

रमजान रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है आज रमजान का पहला रोजा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मौके पर लोगो को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये महीना समाज में मेल मिलाप ख्शहाली और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा